दीपावली के पहले राज्य के सभी कर्मचारियों को मिलेगा इस महीने का वेतन आदेश जारी खेती के लिये अस्थाई विद्युत कनेक्शन की दर की गई आधी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का प्रदेश में आंशिक असर चाइनीज पटाखे प्रतिबंध केन्द्र सरकार ने चीन में बने पटाखों के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन पटाखों में लीथियम कॉपर आक्साइड और रेडलेड जैसे प्रतिबंधित रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक है कोई भी व्यक्ति इन पटाखों को बेंचते खरीदते या भण्डारण करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी

वित्त विभाग ने आज इसके आदेश जारी कर दिये हैं

इस सम्बंध में मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने जनसंपर्क मत्री पीसी शर्मा और मुख्य सचिव को कल ज्ञापन सौंपकर मांग की थी भूमि उर्वरा शक्ति केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि खेती में उर्वरकों का जरूरी और संतुलित इस्तेमाल समय की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि उर्वरकों का बेतहाशा इस्तेमाल भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर देता है

हार्टिकल्वर हब के लिये चयनित क्षेत्र में एक से ढ़ाई एकड़ तक साइज के औद्योगिक प्लाट नॉमिनल रेट पर ग्रीन हाउस पॉली हाउस खाद्य प्र संस्करण की स्थापना के लिये उपलब्ध कराये जा रहे हैं हब में निर्बाध विद्युत एवं जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी साथ ही रोड कनेक्टिविटी आंतरिक सड़कें स्ट्रीट लाइट आदि के पुख्ता इंतजाम भी रहेंगे राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि विश्वविद्यालय को छात्र छात्राओं को नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाए श्री टंडन ने आज ग्वालियर में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में ये बात कही राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि बदलते परिवेश में सबको अपनी अपनी भूमिका में देश के लिए योगदान देना चाहिए विश्वविद्यालयों में रोजगारप्रद शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए

इसमें सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया गया इस मौके पर जिला कलेक्टर ने स्व सहायता समूह के सदस्यों को ऋण भी दिए

इस सीट पर कल शांतिपूर्ण ठंग से मतदान सम्पन्न हुआ था

भाजपा विधायक जीएस डामोर के सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर उप चुनाव हुआ है

श्री सिंह ने किसानों से अनुरोध किया है कि कृषि कार्य के लिये अस्थाई विद्युत कनेक्शन जरूर लें

भाजपा पार्षदों की मांग पर हुई निगम परिषद की विशेष बैठक में भारी हंगामे के बीच महापौर आलोक शर्मा ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने और शहर में एक ही नगर निगम बनाए रखने की बात कही

बैंक हड़ताल प्रदेश में भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ज्यादातर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आंशिक असर दिखाई दिया हड़ताल की वजह से भोपाल इंदौर जबलपुर और ग्वालियर सहित कई जिलों के बैंकों में नगद लेनदेन प्रभावित हआ

उन्होंने कहा है कि इस कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरुद्व सख्त कार्यवाही की जायेगी

प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गो में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है

मुरैना कलेक्टर ने दीपावली पर लोगों से मिट्टी के बने दीपकों का उपयोग करने की अपील की

इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और प्रभारी मंत्री हर्ष यादव शामिल हुए बैतूल के मुलताई में कल गांधीजी के विचारों पर विमर्श आयोजित किया गया